प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वॉयरस महामारी को देखते हुए बीस लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया है उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश की आबादी के हर वर्ग को राहत मिलेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस विशेष आर्थिक पैकेज के ब्यौरे की घोषणा करेंगी

प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि आत्मनिर्भरता वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें स्थानीय बाजार और स्थानीय आपूर्ति प्रणाली के महत्व को दिखा दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आपदा को एक अवसर में परिवर्तित किया है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के अर्थ बदल गए हैं विश्व अब मानवता केंद्रित वैश्वीकरण की ओर उन्मुख हो गया है इसको लेकर प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत अब नेतृत्व कर सकता है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज षाम चार बजे प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकज के बारे में पत्रकारों से विस्तृत जानकारी साझा करेंगी इससे पहले श्रीमति सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित पैकेज केवल वित्तीय नहीं है बल्कि यह सुधारो के लिए प्रेरक और मानसिकता में बदलाव लाने वाला है उन्होंने कहा कि इससे शासन को बल मिलेगा वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि बीस लाख करोड़ रूपये का पैकेज अब तक सबसे बडा पैकेज है एक ट्वीट में श्रीजावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का नया मंत्र दिया है

कल आई रिपोर्ट में पहली बार पूर्वी सिंहभूम और लातेहार में कोरोना के केस मिले हैं

हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉ कृष्ण कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुये बताया कि सभी कोरोना मरीजों को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बने क्वांरटीन सेंटर में रखा गया है

इधर प्रर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में दो कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रषासन ने आस पास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवागमन पर रोक लगा दी है उपायुक्त रवि षंकर षुक्ला और वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिल वाणन ने बताया कि दोनो संक्रमितों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने वालों को चिंहित किया जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड में जारी लॉकडाउन में फिलहाल कोई छूट र्दने के पक्ष में नहीं है राजधानी रांची में कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रमजान के महीने में लॉकडाउन में छूट देने से कोरोना संकरमण की िस्थति बिगड़ सकती है श्री सोरेन ने कहा कि छूट देने से लोग अचानक घर से निकल पड़ेंगे और इससे संकमण के नियंत्रण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ही रामनवमी ईस्टर और सरहल त्योहार भी आए थे पर कोई छूट नहीं दी गई थी उन्होंने कहा कि केंदर सरकार से जो भी निर्देश मिल रहा है उसका पालन सुनिशिचत किया जा रहा है

खूंटी के पॉलिटेक्नीक कॉलेज स्थित क्वारंटीन सेंटर में परामर्श विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया

इंडियन मेडिकल एसोसिसन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेन्द्र सैनी इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

भारतीय देश में जारी पूर्ण तालाबंदी से मजदूरों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के गांवो में मनरेगा योजना के तहत सिंचाई की योजनाओं का काम शुरू हो गया है खेती के लिए तालाबों और डोभा का निर्माण किया जा रहा है कोरोना से सतर्कता को लेकर सभी मजदूर अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए काम कर रहे हैं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

सुक्ष्म लघ् और मध्य उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कल घोषित बीस लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पैकेज के जरिए प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम तथा ग्रामीण और कुटीर उद्योग की आकांक्षाएं पूरी की प्रवासी कामगारों और विद्यार्थियों के झारखंड वापस लौटने का सिलसिला जारी है बेंगलुरू से श्रमिक स्पेषल ट्रेन झारखरंड के विमिन्न जिलों के करीब डेढ़ हजार कामगारों और विद्यार्थियों को लेकर सुबह बोकारो रेलवे स्टेषन पहुंची

लॉकडाउन की लंबी अवधि में बेंगलुरू में फंसे कामगार और विद्यार्थियों ने बोकारो पहचने पर केन्द्र और सरकार का आभार जताया